उन्होंने कहा कि किसानों को सुधार संबंधी जिन प्राव्यानों पर आपत्तियां हैं सरकार उनके बारे में खुले दिल से बातचीत को तैयार है हम लोगों की लगातार पहले भी कोशिश रही है और अमी भी मैं किसान भाईयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सबने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाघान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके सम्ब्र भेजा हैं आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की खिति के लिए कहा जाएगा भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन पर उद्योगपति कब्जा नहीं कर पाएगे उन्होंने कहा कि गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा पंजाब और कर्नाटक में ठेके पर खेती लम्बे समय से होती रही है और वहां ऐसा कभी नहीं हआ प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि पूर्वांचल में किसानों की आय दोगुना करने क लिये बागवानी या सब्जियों तथा फलों की खेती कारगर साबित हो सकती है सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार ने राज्य के बीस लाख किसानों को मुफ्त सब्जियों का बीज उपलब्ध कराने का फैसला किया है कृषि मंत्री आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वाचल के सतत विकास मुददे रणनीति और भावी दिशा विषय पर आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पूर्वाचल में बागवानी के क्षेत्र में असीम सम्भावनायें हैं अनाज जहां छः माह में तैयार होता है वहीं सब्जियां दो से तीन माह में ही तैयार हो जाती है उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात कि है कि किसानों को ऐसी तकनीक की जानकारी दी जाय जिससे कि वह बागवानी से अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकें कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिये सतत् प्रयास कर रही है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवाय परिवर्तन रातों रात हआ बदलाव नहीं है बल्कि वर्तमान रिथति पिछले एक सौ वर्ष से पर्यावरण पर पड रहे दृष्प्रभावों का नतीजा है पेरिस समझौते के पांच साल पूरे होने के सिलसिले में आज नई दिल्ली में श्री जावड़ेकर ने कहा कि जलवाय परिवर्तन हाल की घटनाओं का परिणाम नहीं है बल्कि यह ऐतिहासिक घटनाक्रम का नतीजा है उन्होंने कहा कि जलवाय परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का बहत बड़ा हाथ रहा है उन्होंने कहा कि इन गैसों के क्ल उत्सर्जन में अमरीका पच्चीस प्रतिशत यूरोप बाईस प्रतिशत और चीन तेरह प्रतिशत गैसों का उत्सर्जन करते है जबकि भारत का हिस्सा सिर्फ तीन प्रतिशत का है आवासन और शहरी कार्य सचिव दर्गा शंकर मिश्रा ने आज विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों और राज्यों के अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिजनों से संबंधित सामाजिक आर्थिक जानकारियां संकलित करने के एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रत्येक लाभार्थी और उसके परिवार के सदस्यों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा जिसके आधार पर उन्हें समग्र सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए केंद्रीय कार्यक्रमों का लाभ दिलाया जाएगा पहले चरण में एक सौ पच्चीस शहरों को चुना गया है लाभार्थियों का विवरण तैयार करते समय पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें चुनी हई केंद्रीय योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा कोविड महामारी से निपटने में भारत ने एक और मील का पत्थर पार कर लिया है और देश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित लोगों की संख्या घटकर तीन दशमलव सात एक प्रतिशत रह गई है

पिछले चौबीस घंटों में लगभग आठ हजार पांच सौ रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हए हैं रोजाना दर्ज किए जाने वाले रोगियों की संख्या भी तीस हजार से नीचे बनी हई है और बीते एक दिन में उन्तीस हजार दर्ज की गई संक्रमण के मामलों में भी कमी आई है और पिछले लगभग एक महीने से संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों की दैनिक संख्या पचास हजार से नीचे के स्तर पर बनी हई है देश में स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और यह चौरानबे दशमलव आठ चार प्रतिशत हो गई है अब तक कल बानबे लाख इक्यानबे हजार लोग स्वस्थ हुए हैं पिछले चौबीस घंटों में सैतीस हजार पांच सौ लोग ठीक हुए हैं स्वस्थ होने वालों की दैनिक संख्या पिछले एक पखवाड़े से नए मामलों की दैनिक संख्या के मुकाबले कम बनी हुई है इस समय देश में महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या रोगियों की तुलना में पच्चीस गुना अधिक है श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या में एक रोप वे बनाया जाएगा इस रोप वे से श्रद्वालु रामलला के दर्शन के लिए एयरपोर्ट बस स्टाप और रेलवे स्टेशन से सीधे मंदिर तक पहुंच सकेंगे अयोध्या के नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि नगर निगम ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है इसके लिए स्विटजरलैंड की एक कंपनी से बातचीत भी चल रही है उन्होंने कहा कि अयोध्या के समग्र विकास की योजना तैयार की जा रही है इसके लिए विकास को लेकर सभी विकल्पों पर मंथन चल रहा है